पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि देने के लिए ऐतिहासिक रिज मैदान पर हई प्रार्थना सभा

प्रदेश में धार्मिक श्रद्वा के साथ मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व अस्थि कलश भारतीय जनता पार्टी सभी जिलों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा निकालेगी और अस्थियों को देश भर की नदियों में विसर्जित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में अस्थि कलश पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को सौंपे

उसके बाद इन अस्थि कलशों को भाजपा पार्टी मुख्यालय दीप कमल में स्थापित किया गया है जहां इन्हें दो दिन तक लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है उसके बाद अस्थियों को व्यास व सतलुज सहित प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों में विसर्जित किया जाएगा प्रार्थना सभा प्रदेश सरकार ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि देने के लिए आज शिमला के रिज मैदान पर एक सार्वजनिक सर्वदलीय प्रार्थना सभा का आयोजन किया इस मौके पर दिल्ली से शिमला लाए गए अरिथ कलश मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र को सौंपे गए प्रार्थना सभा में राज्यपाल आचार्य देवव्रत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री और सीपीएम विधायक राकेश सिंघा सहित सभी सांसद और विधायक मौजूद रहे आचार्य देवव्रत ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वाजपेयी एक सार्वभौमिक राजनेता और महान व्यक्तित्व थे उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने नेतृत्व के उच्च मूल्यों को बनाया और देश के विकास के लिए दिए उनके योगदान को वर्षो तक याद किया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रदेश के लोगों की ओर से दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्दांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि वाजपेयी पार्टी राजनीति से ऊपर थे और उनका निधन देश खासकर हिमाचल प्रदेश के लिए भारी क्षति है पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद शांता कुमार ने श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वाजपेयी भारतीय राजनीति में बेमिसाल राजनेता और संवेदनशील कवि थे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वाजपेयी को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे एक उत्कृष्ट राजनेता थे जिन्होंने लोकतंत्र को हमेशा सम्मान दिया इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि वाजपेयी न केवल देश के नेता बल्कि पूरे विश्व के नेता थे जिनका सभी आदर करते थे कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वाजपेयी अपने व्यवहार और सादगी के कारण प्ररी भारतीय राजनीति के आदर्श बने वहीं सीपीएम नेता व विधायक राकेश सिंघा व आरएसएस के प्रांत प्रचारक संजीवन और शिमला नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट ने भी इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्वासुमन अर्पित किए इस दौरान सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी पर तैयार किए गए व्रतचित्र को भी दिखाया गया

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

रिकॉर्ड किए गए कृछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है

एबीवीपी प्रदेश में हाल ही में उजागर हुए डेढ़ सौ करोड़ रूपए से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले की सीबी आई जांच के सरकार के फैसले का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वागत किया है परिषद की प्रांत मंत्री हेमा ठाक्र ने निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष और शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं परिषद ने आयोग के अध्यक्ष को तुरंत पद से हटाने की सरकार से मांग की है

समाचार एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के अनुसार सभी मृतक चौपाल के रहने वाले थे यूजीसी जंक फूड जीवन शैली संबंधी बीमारियों पर नकेल कसने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने परिसर में जंक फूड बेचने पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं

पलटवार बीते कल कांग्रेसी नेताओं द्वारा नशाखोरी को रोकने संबंधी मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन को ए पीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा और भाजयुमो मीडिया प्रभारी विकास शर्मा ने हास्यास्पद करार दिया है उन्होंने एक संयुक्त बयान में कहा कि कांग्रेस ने केवल औपचारिकता के लिए ये ज्ञापन सौंपा है जबकि भाजपा ने सत्ता में आते ही नशा खनन और वन माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था

सत्र के पहले दिन की शुरूआत पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी और बंजार के पूर्व विधायक दिले राम शवाब के निधन पर शोकोदगार से होगी विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने उम्मीद जताई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे ईद पूरे देश की तरह हिमाचल प्रदेश में भी ईद उल अजहा का पर्व धार्मिक श्रद्वा के साथ मनाया गया इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों और इदगाहों में नमाज अता की और गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी राजधानी शिमला की सभी मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और नमाज़ अता करने के बाद एक दूसरे को मिठाईयां बांटी हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक सोलन की जामा मस्जिद में आयोजित ईद पर्व पर सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के चलते न तो जामा मस्जिद को सजाया गया था और न ही नमाज अता करने के अलावा किसी तरह का कार्यक्रम रखा गया था मस्जिद के मौलवी मौलाना मोहम्मद यूनिस ने कहा कि इस दौरान अटल जी की मोक्ष प्राप्ति की भी कामना की गई उधर चम्बा में भी आपसी सौहार्द का संदेश देते हुए सभी समुदाय के लोगों ने मिल जुलकर इस त्यौहार को मनाया चम्बा जामा मस्जिद के इमाम ने देश के अमनो चैन की दुआ की निधन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केन्द्रीय मंत्री गुरूदास कामत के आकस्मिक निधन पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह ठाकुर ने गहरा शोक जताया है उन्होंने कहा कि गुरूदास कामत कांग्रेस के वरिष्ठ व अनुभवी नेता थे और उनके निधन से पार्टी को भारी नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की कामना की

राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने सभी जिला उपायुक्तों को किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए आपदा पूर्व तैयारी करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने ज़िला प्रशासन को बचाव दलों व त्वरित प्रतिक्रिया टीम को तैयार रखने के भी निर्देश दिए हैं साथ ही विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं व बांध प्राधिकरणों और राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के साथ भी संपर्क रखने के लिए कहा गया है

उधर कुल्लू में उपायुक्त युनुस ने लोगों से नदी नालों और भू स्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है स्वच्छता शिविर नेहरू युवा केन्द्र युवा कार्यक्रम एवं केन्द्रीय खेल मंत्रालय के स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज कल्लू की वाशिंग पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया जिसमें लोगों की चिकित्सीय जांच की गई और निशुल्क दवाईयां दी गईं इस मौके पर जिला युवा समन्वयक डॉक्टर लाल सिंह ने स्थानीय युवक व महिला मण्डलों को इस तरह के स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए आगे आने का आह्वान किया ताकि लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए अस्पतालों में न जाना पड़े परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पंजीकरण तिथि और संभावित परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं

नीट यूजी के अलावा अन्य परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी